भाजपा ने बजट को सराहा कांग्रेस ने बताया आंकड़ों का खेल मौसम साफ रहने के बावजूद लाहौल स्पिति जिले में हिमस्खलन का सिलसिला जारी चम्बा में पिछले तीन दिन से बिजली गुल

मुख्यमंत्री ने बजट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सबंधित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नई योजना सहारा शुरू करने की घोषणा की इसके तहत मरीजों को दो हजार रूपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा भी की बजट में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए युवा वन जीवन बोर्ड स्थापना करने का भी प्रस्ताव है

हिमाचल गृहणी और सुविधा उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस सिलेंडर मुफ्त में भरने का प्रावधान भी किया गया है

स्कुलों में विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अटल निर्मल जल योजना की घोषणा भी बजट में की गई मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कई नई योजनाएं व कार्यक्रम आरम्भ करने की घोषणा की है

इसके मुख्यमंत्री किसान व खेतीहर मजदूर और जीवन सुरक्षा योजना में मिलने वाली राशि दोगुनी होगी डेढ़ सौ करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस परियोजना शुरू की जाएगी परम्परागत कौशल और शिल्प ग्राम कारिगरों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है बजट में कौशल विकास भत्ता योजना के लिए एक सौ करोड रूपए का प्रावधान किया गया है और इसके तहत एक लाख युवाओं को कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जाएगा बजट में मुख्यमंत्री रोशनी योजना शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके तहत गरीब परिवारों को नए विद्युत कनेकशन के लिए कोई सर्विस चार्जिज नहीं लिए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि ये बोर्ड क्षेत्र के समुचित और सुनियोजित विकास बारे नीति व कार्यक्रम निर्धारित करेगा

जयराम ढाक्र ने कहा कि सत्तत सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल यातायात सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार नई विद्युत वाहन नीति तैयार करेगी खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलकृद प्रतिभा खोज कार्यक्रम आरम्भ करने और परफार्मिंग आर्टस में अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने विधानसभा में बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बताचीत में बताया कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने बजट को दिशाहीन और लोकसभा च्नाव के मद्देनजर जुमला बजट करार दिया है उन्होंने कहा कि बजट में केवल नई घोषणाओं पर जोर दिया गया है और संसाधनों को जुटाने के लिए कोई पहल नही की गई है इस बीच सीपीएम विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि बजट में दर्शाए गए घाटे को पूरा करने के लिए अगर कर्ज लिया गया तो इससे आम जनता पर बोझ पड़ेगा हिमाचल किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये बजट किसानों की उम्मीदों पर खरा नही उतर पाया है प्रतिक्रिया मंत्री विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में आज पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक और शानदार करार दिया है उन्होंने कहा कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है उन्होंने बागवानी और सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं के लिए सर्वाधिक बजट राशि के प्रावधान का स्वागत किया है खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने बजट को संतुलित और विकासोन्नमुखी बताया है उन्होंने कहा कि विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा बजट पेश हुआ है जिसमें हर वर्ग को प्राथमिकता दी गई है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बजट को सभी वर्गों का हितैषी करार दिया है

उर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना की है प्रतिक्रिया सांसद सांसद शांता कुमार ने कहा है कि प्रदेश का मौजूदा बजट हर वर्ग के लिए हितकारी और संतुलित बजट है वहीं सांसद अनुराग ठाक्र ने समाज के हर वर्ग के विकास व सुरक्षा को लेकर बेहतर बजट प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी है उन्होंने कहा कि हिमाचल में उभरते क्षेत्रों में विकास की अपार सम्भावना है सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें किसानों पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखा गया है सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने टैक्स फ्री बजट पेश किया है

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सर्वस्पर्शी व सर्वहितकारी बजट पेश किया है और सीमित संसाधनों के बावजूद समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि बजट में नई योजनाओं को शुरू करने के साथ साथ चल रही योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है उन्होंने किसानों और बागवानों सहित समाज के हर वर्ग के लिए बजट प्रावधान किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा सुरेश भारद्वाज शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के अनाडेल वार्ड के लिए एम्ब्रलैंस मार्ग का लोकार्पण किया

मौसम प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है साफ मौसम के बावजूद लाहौल स्पिति जिले में हिमस्खलन का सिलसिला जारी है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि थिरोट के पास डिमरू नाले में हिमस्खलन से चंद्रभागा नदी का प्रवाह रूक गया है और एक झील बन गई है उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है उन्होंने लोगों को थिरोट से नीचे दरिया किनारे न जाने और पुल पार करते हुए एहतियात बरतने को कहा है चंबा ज़िले में भी पिछले दिनों हुए हिमपात के बाद जनजीवन पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है

उपायुक्त हरिकेष मीणा ने कहा कि बिजली आपूर्ति सुचारू बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं

राजधानी शिमला सहित राज्य के निचले इलाकों में दिनभर धूप खिली रही